उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने देश विशिष्ट भाषाओं की धरोहर की संभाल करने को कहा है उन्होंने कहा कि भाषा विश्व को प्रकाशमान करती है तथा ये बोद्विक तथा जज्बाती अभिव्यक्ति को भी कारगार माध्यम है

उन्होंने यह भी कहा कि जनजाति भाषाओं में ज्ञान का बेशकीमती खजाना है तथा जब कोई भाषा मरती है तो समूचा ज्ञान भी इसके साथ ही चला जाता है उपराष्ट्रपति ने नीति निर्माताओं का आहवान किया कि वो ये सुनिश्चित करें कि बुनियादी स्तर पर पढ़ाई का माध्यम लोगों की मातृ भाषा ही होनी चाहिए

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया

राज्यपाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भू रिकार्ड का पूरी रतह से डिजीटलाईज़ करने का है ताकि भू स्वामी किसी भी समय अपनी सम्पति व भूमि रिकार्ड का ब्यौरा ऑन लाइन प्राप्त कर सकें

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बोई गई फसल के सटीक आंकड़े स्निश्चित करने और प्राकृतिक आपदाओं से फसले खराब होने की स्थिति मे उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए पिछले खरीफ सीज़न में पहली बार श्रू की गई ई गिरदावरी को जारी रखेगी उन्होंने बताया कि समूचे ग्रामीण शहरी और आबादी देह क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर जी आई एस मैपिंग की

उन्होंने कहा कि पायलट परियोजना के तौर पर गांव सिरसी से लाल डोरा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल आगे भी जारी रखी जायेगी

हरियाणा विधानसभा में आज सदन ने पिछले सत्र से लेकर अबतक दिवंगत हई आत्माओं को श्रद्वांजलि दी जिनमें भूतपूर्व चौधरी ख्रशीद अहमद पूर्व विधायक चौधरी उदय सिंह दलाल स्वतंत्रता सेनानी हरियणा के हरियाणा के शहीद तथा विधानसभा सदस्यों के निकट सम्बधी शामिल है विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद ग्र्प्ता ने शोक प्रस्ताव प्रस्ताव पढ़ा और सदन में दी गई श्रद्वांजलि और शोक प्रसताव को शोक संत्पत परिवारों के पास पहंचाने का आश्वासन दिया सदन के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिंवगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की

हरियाणा के क्रूक्षेत्र शहर में पांच लेवल क्रोसिंग को खत्म करने के लिए एक एलीवेटेड रेलवे लाइन परियोजना स्वीकृत की गई है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज विधानसभा में प्रस्तुत अपने अभिभाषण में बताया कि प्रस्तावित सराय कालेखां करनाल रीज़नल रेपिड ट्रांस्जिट कोरोडोर से इस क्षेत्र के मंत्रियों को बड़ी राहत मिलेगी इससे दिल्ली के छ और हरियाणा के चौदह सहित क्ल बीस स्टेशन हो होंगे

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण रेलवे मूलभूत संरचना सम्बधी परियोजनयें श्रू की गई है जिनमें हरियाणा ओबिटल रेल कोरिडोर परियोजना पलवल के सोनीपत वाया सोहना मानेसर खरखौदा शामिल है ये दिल्ली को बाइपास करते हये पलवल सोहना ग्रूग्राम को जोड़ते हये उत्तरी हरियाणा से सीधा रेल सम्पर्क प्रदान करेंगी

उन्होंने कहा कि इस सम्बध में हरियाणा का द्श में दूसरा स्थान है राज्यपाल ने कहा कि राज्य में दो लाख बीस हजार पश्ओं का बीमा किया गया है और गत वर्ष पहली सितम्बर से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी श्रू किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार पश्धन को उच्च कोटि की पश् स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए बचनबदव है